अब समाचार विस्तार से शिलान्यास निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि देश की आजादी के समय के तीन विश्वविद्यालयों में से एक गुरुकुल कांगड़ी को विज्ञान अनुसंधान और शोध की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी केंद्रीय मंत्री ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय छात्रावास का शिलान्यास किया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक शताब्दी पुराने इस गुरुकुल ने ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहां के ब्रह्मचारियों और छात्रों द्वारा धन अर्जित कर सहयोग किया जाता था इस मौके पर उन्होंने छात्रों द्वारा लगाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का निरिक्षण भी किया इस मौके पर उनके साथ सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ सत्यपाल सिंह भी मौजूद रहे सीएम अभियान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में ऊर्जा की बचत राजस्व वृद्धि और बिजली चोरी रोकने के लिये ऊर्जागिरी अभियान का शुभारम्भ किया उन्होंने बिजली चोरी और लाइन लॉस को रोकने के लिए व्यापक जन जागरूकता के प्रसार पर बल दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है ऊर्जा निगमों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का दायित्व है कि बिजली चोरी रोके जाने के लिए समुचित उपाय सुनिश्चित करें जिससे ईमानदार उपभोक्ताओं पर उसका भार न पड़े उन्होंने बिजली चोरी पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिये यूपीसीएल विजिलेंस सेल को मजबूती प्रदान करने के भी निर्देश दिये ऊर्जा सचिव राधिक झा ने कहा कि ऊर्जागिरी की शुरूआत से एक विचारधारा बनेगी सबके सहयोग से बिजली चोरी और लीकेज में भी इससे कमी आ सकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा उपहार है

यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह छह बजे रवाना होगी और दोपहर दो बजे कटरा पहुंचेगी

पोलिंग पार्टियां रवाना प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान पार्टियों की रवानगी आज से शुरू हो गई है आज दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं

जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शैडो एरिया वाले मतदेय स्थलों की पोलिंग पार्टियों को संचार सुविधा के लिए वायरलेस सेट और रिजर्व मतदान सामग्री भी दी गई है

उन्होंने कहा कि योजना से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर और चम्पावत जिलों के ग्रामीणों को फायदा मिला है

इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य जंगलों और पहाड़ी इलाकों में काउन्टर इंसरजेंसी और काउन्टर टेररिज्म ऑपरेशनों में सैनिकों को संयुक्त रूप से प्रशिक्षण देना है इस दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान प्रदर्शन और अभ्यास आयोजित किये जाएंगे इस सैन्य अभ्यास से दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ बनाने में मदद मिलेगी राष्ट्रपति आईआईटी रूड़की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल आईआईटी रुड़की में होने वाले दीक्षांत समारोह मे शिरकत करेंगे राष्ट्रपति कल सुबह दस बजे रूड़की पहुंचेंगे आईआईटी रूड़की में दीक्षांत समारोह के दौरान उनके साथ कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे इस दीक्षांत समारोह को तीन सत्रों में बांटा गया है राष्ट्रपति आईआईटी में करीब एक घण्टे तक रहेंगे जहां छात्र छात्राओं को डिग्री वितरित करेंगे

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किये गए हैं

यहां राष्ट्रपति स्वामी अवघेशानद जी से व्यक्तिगत मुलाकात कर मन्दिर में पूजा अर्चना करेंगे इसके बाद श्री कोविंद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि वनों और वन्य जीवों के सरक्षण में फॉरेस्ट गार्ड की भूमिका अहम है

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बढ़ती आबादी के साथ साथ वनों में मनुष्यों का हस्तक्षेप बढ़ा है पर्यावरण में परिवर्तन के कारण भी बहुत से वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान पर भोजन नहीं मिल पा रहा है और वे बस्तियों गावों में प्रवेश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने साथ साथ पेड़ पौधों नदियों जल स्रोतों और वन्यजीवों का भी ध्यान रखना होगा कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आनंदवर्द्धन ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण के कार्य में स्थानीय समुदाय व आम जन को जोड़ना बहुत आवश्यक है इस अवसर वन विभाग द्वारा बर्ड वांचिग पर एक लघु फिल्म भी दिखायी गई साथ ही राज्य स्तरीय वन्य जीव प्रबन्धन सूचना तंत्र और मोबाइल ऐप की शुरूआत की गयी वन्य जीव सप्ताह बागेश्वर बागेश्वर में वन्य जीव स्रक्षा सप्ताह के तहत वन कर्मी और स्कूली बच्चों ने जन जागरूकता रैली निकाल लोगों को वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया वन क्षेत्राधिकारी मोहन सिंह नयाल ने रैली को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि वन्य जीवन संकट में है उसे बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना होगा वनों में भोजन की कमी और पानी की अनुपलब्धता से जंगली जानवर शहर और गांवों का रुख कर रहे हैं इससे वन्यजीव मानव संघर्ष बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि वनों को बचाने के लिए पौध रोपण करना होगा जंगल बढ़ेंगे तो वन्य जीवों का खतरा कम होगा पीएनबी कार्यक्रम पंजाब नेशनल बैंक ने आज ग्राहक संपर्क पहल के तहत देहरादून में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया

कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक के अंचल प्रबंधक एसके दाश ने सभी बैंकों से उत्तराखंड के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने को कहा उन्होंने लघु और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक ऋण देने पर जोर दिया उन्होंने ग्राहकों से संपर्क साधकर ग्राहक की सुविधानुसार ऋण प्रस्ताव तैयार करने को कहा